व्यापार सुगमता में भारत की रैकिंग शीर्ष पचास देशों में लाने के लिये काम किया जा रहा है

सम्मेलन का थीम है नये भारत को आकार देना सम्मेलन को सम्बोधित करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कारोबार के लिये पहले की अपेक्षा अधिक अनुकूल है

तीस हजार से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और भरतीय प्रतिनिधि तथा पांच देशों के राष्ट्रध्यक्ष इस सममेलन में भाग ले रहे है

नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इसरो के अध्यक्ष डा के सीवन ने बताया कि नवाचार और सज़नात्मकता को बढ़ावा देने तथ अंतरिक्ष यान उद्योग को सशक्त करने के लिये इसरो ने इस वर्ष कई योजनायें बनाई है

हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज जगाधरी में यम्नानगर ड्राईविंग सेफ मेराथन रन फार रोड सेफ्टी को झंडी दिखाकर रवाना किया

इस मौके पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिये यातायात के नियमों की पालना बहत जरूरी है हरियाणा में हर वर्ष सड़क हादसों में पांच हजार य्वाओं की मौत स्रक्षित ांग से वाहन व चलाने से होती है कि म्ख्यमंत्री ने लोगों को यातायात नियमों के अन्पालना करने की शपथ भी दिलाई और अलग अलग दूरी के मैराथन मे विजयी रहे विजेताओं को प्रस्कृत भी किया इससे पहले मुख्यमंत्री ने सरस्वती नगर की नई अनाजमंडी का उदघाटन किया जो दो करोड़ अस्सी लाख रूपये की लागत से बनी है इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल यम्नानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा रादौर से विधायक श्याम सिंह राणा सा रा विधायक बलवंत सिंह एडीजीपी ओ पी सिंह उपाय्क्त व प्लिस अधीक्षक भी उपस्थित थे

श्री राम बिलास शर्मा ने बताया कि उन्होंने विभाग के अधिकारियों को इस बारे समीक्ष्ज्ञा करके उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये है

मंत्री रिवाड़ी जिले के जडथल गांव में रिवाड़ी मंडल के सरपंच पंच व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान यह जानकारी दी और कहा कि ईएसआई अस्पताल बन जाने पर यहां काम करने वालों को ग्रूग्राम या फरीदाबाद नहीं जाना पड़ेगा

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य कराये गये है और पेयजल की जो योजनायें बाबल क्षेत्र में दी गई है उनके पूरा हो जाने पर तीस वर्षो तक बावल क्षेत्र में पेयजल की कमी महसूस नहीं होगी

प्लिस प्रवक्ता के अन्सार आरोपी की पहचान कीर्ति नगर निवासी तेजेन्द्र सिंह के रूप में हई है उन्होंने बताया कि कंगनप्र रोड पर गश्त के दौरान जब उसकी स्कूटी को रोक गया तो उसने प्लिस को चकमा देकर भागने का प्रयास किया तस्करी के नेटवर्क से ज्ड़े अन्य लोगों बारे जानकारी हासिल की जा रही है पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के मैदानी भागों में इस रविवार को वर्षा होने की संवाभना है

विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोम सक्रिय होकर उतर पश्चिमी भारत को आज आज से प्रभावित करेगा और दक्षिण पश्चिम राजस्थान से होते हये मंगलवार तक पंजाब हरियाणा पहंचेगी

हरियाणा में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है भिवानी से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज पहाड़ी इलाकों में हई बर्फबारी का असर देखने को मिला कोहरा छाया रहा जिस कारण वाहन चालक परेशान रहे वही किसानों ने कोहरे को फसलों के लिये काफी हद तक लाभकारी बताया है

इस अवसर मोहाली मे हये एक दिव्य समारोह मे राजयोग केन्द्रों की निदेशका ब्रह्मक्मारी प्रेमलता बहनजी ने आने श्रदवास्मन अर्पित किये तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हये कहा कि वर्तमान समय में सम्चा विश्व मानवीय मुल्यों की गिरावट के कारण नाना प्रकार के द्खों अशांति व हिंसा के दौरे से ग्जर रहा है अत ऐसे में ब्रहमा बाबा की शिक्षाओं को अपनाना जरूरी है हरियाणा में आज दो अलग अलग सड़क हादसों में करीब तीस लोग घायल हो गये